इस वर्ष आरम्म किये गये स्वच्छता ही सेवा अभियान में तीन हजार दो सौ शहरों में सात करोड़ से अधिक शहरी निवासियों ने भागीदारी की

कल बेंगलुरू में जीएसटी से जुड़े मंत्रियों के समूह की बैठक में कर चोरी और जीएसटी दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई समूह के अध्यक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बाद में मीडिया को बताया कि अगले वर्ष पहली अप्रैल से सरल और आसान रिटर्न फार्म जारी किए जाएंगे जिन्हें भरना आसान होगा

प्रधानमंत्री ने इस कार्यकम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है

आज शाम को शुरू होने वाले सांस्कृतिक लोक कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और पर्यटन मंत्री विश्वेद्र सिंह शामिल होंगे महाराजा सुरजमल स्मृति समारोह के तहत दोपहर में राजकीय संग्रहालय में चित्रकला मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिताओं का आर्योजन किया जायेगा

इस सीजन में पहली बार फतेहपुर में पारा जमाव बिन्दु पर पहुंच गया है हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि पिछले दो दिन दिन से लगातार तापमान गिरने की वजह से कड़ाके की ठण्ड पड रही है झालावाड़ जिले मे मौसम ने फिर से करवट ले ली है आज जिले में कई स्थानों पर हल्की ब्रंदाबांदी हुई देर रात से शुरू हुई बारिश का दौर सुबह तक जारी रहा